सरकार दावा प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है

राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे

वहीं कांग्रेस ने चार निर्दलीय विधायक बुरहानपुर से ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा सुसनेर से राणा विक्रम सिंह वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल और भगवानपुरा से केदार चिदाभाई डावर के समर्थन का दावा किया है इन चारों ने कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता है कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक टवीट कर इसकी जानकारी दी प्रदेश में बिजावर विधानसभा क्षेत्र से सपा के राजेश कुमार विजयी हुए हैं वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है बसपा के प्रदेश में दो विधायक जीत कर आये हैं भिंड से बसपा के संजीव सिंह और पथरिया से रामबाई गोविंद सिंह को जीत मिली है शिवराज इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है पूरे परिणाम आने के बाद आज सुबह उन्होंने मीडिया से बात की इस दौरान उन्होंने साफ किया कि भाजपा सरकार बनाने का दाव पेश नहीं करेगी

दिग्गज हारे जीते मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों मुख्य दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने हार का मुंह देखा वहीं कई बड़े नेता अपनी साख बचाने में सफल रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार के दर्जन भर से अधिक मंत्री चुनाव हार गये हैं इसके अलावा बड़े नामों में से जयंत मलैया अंतर सिंह आर्य ओमप्रकाश ध्वर्वे अर्चना चिटनीस उमाशंकर ग्रप्ता दीपक जोशी शरद जैन ललिता यादव बालकृष्ण पाटीदार रूस्तम सिंह नारायण सिंह कुशवाहा लालसिंह आर्य जयभान सिंह पवैया चुनाव हार गये है

उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह अरूण यादव सुरेश पचोरी जैसे कई नेता चुनाव हार गये हैं

इस बैठक में सभी नवनिर्वाचीत कांग्रेस विधायक शामिल होंगे पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव जीतने वाले चार निर्दलीय विधायक शामिल होंगे

पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में आज विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस ने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है पार्टी ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेक्षक नियुक्त किया है जो विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस ने सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की जयपुर में सवेरे से ही बैठक चल रही है बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यामंत्री पद के नाम को लेकर फैसला आसानी से हो जाएगा पार्टी पर्यवेक्षक वेणु गोपाल और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे नवनिर्वाचित विधायकों से व्याक्तिगत रूप से बातचीत कर रहे हैं तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव के कल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है पार्टी सूत्रों ने विधायक दल की बैठक से पहले यह जानकारी दी है

इसमें देश भर से आये जनजातीय समूहों के कथा वाचक वाचिक परम्पराओं के सिद्धहस्त साहित्यकार जनजातीय विद्वान अपनी बात रखेगें महोत्सव के माध्यम से आदिवासी जगत की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक भंडार को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा हॉकी भुवनेश्वर में पुरुषों की विश्वकप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से और आस्ट्रेलिया का फ्रांस से होगा

कल इसी समय पर भारत का मैच नीदरलैंड्स से और बेल्जियम का जर्मनी से होगा इंग्लैंड और फ्रांस पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके थे